माउंट आबू में पारा दो दशमलव दो डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया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

मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

भारतीय उदयोग परिसंघ फिक्की के एक कार्यक्रम को वर्चअल माध्यम से संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस टीके के वितरण के लिए दिशा निर्देश तैयार किए जा रहे हैं

स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि प्रतिदिन स्वस्थ होने के मामले नए मामलों से अधिक चल रहे हैं

नीति आयोग के सदस्य वी के पॉल राज्य के लिए बनाई गई तीन सदस्यीय दल का नेतत्व कर रहे हैं ये टीमें उन जिलों का दौरा करेगी जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ रहे हैं यह दल संकमण को रोकने तथा नियंत्रण के उपायों और क्शल चिकित्सकीय प्रबंधन में राज्य सरकार की मदद करेगा

आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष महेश चंद्र शर्मा ने जोधपुर के संभागीय आयुक्त को राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ में अधिवक्ताओं और उनके परिजनों के लिए जांच उपचार उचित व्यवस्था करने के भी निर्देश दिये हैं

इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में विशेष श्रृखंला जनता के नाम जनता का संदेश चलाई जा रही है इसके तहत सुनिये हमारे श्रोता का संदेश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

मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित हुए कार्यक्रम में श्री गहलोत ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य आदिवासी इलाकों में महिलाओं और शिशुओं में कुपोषण को दूर करना है उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यह योजना पूरे राज्य में लागू की जाएगी मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार मातू और शिशु मृत्युदर को कम करने पर पूरा जोर दे रही है लेकिन पोषण के संबंध में आम लोगों को जागरूक किया जाना जरूरी है श्री गहलोत ने कहा कि सरकार बजट में की गई सभी घोषणाओं को पूरा करेगी इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना आदिवासी जिले उदयपुर प्रतापगढ़ बांसवाड़ा और डूंगरपुर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई है इसके तहत दूसरी संतान के समय गर्भवती और धात्री महिलाओं को छह हजार रूपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी

इस मौके पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें याद किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी की जयंती पर ट्वीट कर उन्हें नमन किया है जयपुर में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज पृष्पांजलि कार्यक्रम रखा गया जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इंदिरा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए

टोंक करौली सहित कई अन्य जिलों में कांग्रेस और पार्टी के अग्रिम संगठनों ने कई कार्यक्रम आयोजित किए देश आज झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर उन्हें याद कर रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट कर उन्हें नमन किया है

आज विश्व शौचालय दिवस है यह दिन लोगों में साफ सफाई के प्रति जागरूकता पैदा करने और शौचालय के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत स्वच्छता के क्षेत्र में सबसे अच्छा कार्य करने वाले सर्वोच्च जिलों और राज्यों को पुरस्कार से सम्मानित करेंगे विश्व शौचालय दिवस के मौके पर उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायुड ने स्वच्छता को जन अभियान बनाने का आहवान किया

राज्यपाल कलराज मिश्र ने ज्ञान आधारित जीवन्त समाज के निर्माण के लिए शिक्षण संस्थाओं में आधारमूत सुविधाओं के विकास के साथ ही ग्रणवत्तापूर्ण शिक्षण का बेहतर वातावरण बनाने का आह्वान किया है राज्यपाल श्री मिश्र आज राजभवन र्स मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में विभिन्न भवनों के लोकार्पण के बाद सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के अनुरूप बेहतर शोध और अनुसंधान पर भी शिक्षण संस्थान विशेष रूप से ध्यान दें श्री मिश्र ने कहा कि नई शिक्षा नीति डिजिटल और आत्मनिर्भर भारत केन्द्रित है इसके अनुरूप प्रदेश के विश्वविद्यालय अपने यहां रोजगारोन्मुख व्यावसायिक पाठ्यक्रम बनाकर उनके प्रभावी शिक्षण की भी व्यवस्था करें विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ने इस अवसर पर कहा कि यह ऐसा समय है जब एक व्यक्ति एक ज्ञान को लेकर आगे नहीं बढ़ सकता

सही परिणाम आए तो इस फैसले को आगे भी बढ़ाया जा सकता है श्री सिंह ने बताया कि यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए रोडवेज ने इस महीने से अपनी सभी बसें चलाने का निर्णय लिया है

चुनाव प्रचार के लिए अब केवल दो दिन का समय बाकी है और शनिवार को शाम पांच बजे चुनाव प्रचार पर रोक लग जाएगी भाजपा और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने आज अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने आज कोलायत विधानसभा क्षेत्र में एक दर्जन से ज्यादा गांवों का दौरा कर कांग्रेस के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील की

उधर केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री ने चौहटन विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांव का दौरा कर भाजपा के जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के पक्ष में मतदान करने की अपील की

कई जिलों में दिन के तापमान में पांच डिग्री तक और रात के तापमान में तीन डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है माउंट आब्र में आज पारा लुढ़क कर दो दशमलव दो डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया चूरू में न्यूनतम तापमान छह दशमलव छह डिग्री सेल्सियस पिलानी में आठ दशमलव तीन जबकि श्रीगंगानगर में आठ दशमलव चार डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया